महिला बाल श्रम विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई को आंदोलन बनाने का आहवान किया है भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीमए के दायरे में आने वाले खर्चो एंव शल्कों की समीक्षा करने के लिये छ सदस्यीय समिति का गठन किया है रिज़र्व बैंक ने एक प्रैस विज्ञाप्ति में कहा कि भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी जी कन्नन समिति की अध्यक्षता करेंगे

बैठक में भु मालिक किसानों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की गई

म्ख्यमंत्री ने कहा कि इस कोरिडोर के लिये अधिग्रहित की जाने वाली करीब चार हजार एकड़ भूमि का किसानों को उचित मूल्य दिया जायेगा

मुख्यमंत्री ग्रूग्राम में कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में भाग लेने आये थे जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं पर प्ष्प वर्षा कर च्नाव में की मेहनत के लिये अभिनंदन किया इस मौके पर आने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि वे गौरवांवित महसूस कर रहे है कि वो ऐसी पार्टी और ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच है जो राष्ट्रीय हित में काम करते है एवं पार्टी के लिये बिना स्वार्थ के मेहनत से काम करते है म्ख्यमंत्री ने कहा कि यही कारण है कि लोकसभा च्नाव में हरियाणा की सभी दस सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की योजनाओं और किये गये विकास कार्यो को गिनाते हये कहा कि हरियाणा में बहुत हद तक भ्रष्टाचार और अपराधी खत्म हो गये है उन्होंने बचे हये भ्रष्टाचारियों और अपराधी को चेतावनी दी कि वो तो ये सब छोड़ दें या फिर प्रदेश छोड़ दे वरना सरकार उनहें नहीं छोड़ेगी म्ख्यमत्री ने कांग्रेस और इंडियन नैशनल लोकदल पर वोट बैंक के लिये समाज को बांटने का आरोप लगाते हये कार्यकर्ताओं को कहा कि लोगों को यह संदेश दिया जाये वे अपनी पहचान एक हरियाणवी के तौर पर स्थापित करे व्यवसाय का उल्लेख उसके बाद हो और जाति सबके बाद आनी चाहिए उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का लक्ष्य में मेरा परिवार और सता प्राप्त करना रहा है वे इससे बाहर नहीं सोच सकते लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य सिहासन प्राप्त करना नहीं समाज व देश की सेवा करना है

कार्यक्रम को राव नरवीर सिंह ने भी सम्बोधित किया और लोगों से प्रद्षण कम करने के लिये अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की

कल जंलग में जहाज का मलवा मिलने के बाद आज सुबह भारतीय वायुसेना थल सेना और स्थानीय पर्वतारोहियों का एक दल मलबे वाली जगह के नज़दीक उतारा गया

इस वर्ष का विषय है बच्चों को खेतों में नहीं बल्कि सपनों पर काम करना चाहिये

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि श्रम मंत्रालय राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के जरिये बाल श्रम की प्रथा को समाप्त करने के लिये काम कर रहा है

पंचकूला के उपायुक्त डा बलकार सिंह ने आम जनता से बाल श्रमिकों के बारे प्लिस तथा प्रशासन को जानकारी देने को कहा है ताकि औचक निरीक्षण करके बाल श्रम को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से भी उनसे मजद्री न करवाने का अन्रोध किया है और बाल संरक्षण व बाल कल्याण से ज्ड़ी योजनाओं और निशुल्क शिक्षा का लाभ उठाने की अपील की है फरीदाबाद में भी आज राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के मतहत गठित श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय की इकाई ने बाल श्रम रोकने और इस बारे जागरूकता जगाने के लिये एक रैली निकाली विदयार्थियों ने इस मौके पर न्क्कड़ नाटक के जरिये बाल श्रम रोकने का संदेश दिया और बाल श्रम करवाने वाले व्यवसायियों से सामान न खरीदने का संकल्प लिया अम्बाला में उपायुक्त कार्यालय के प्रांगण में नगराधीश सुशील कुमार ने कर्मचारियो को बाल श्रम रोकने उन शाबों होटलों व द्कानों से क्छ न खरीदने की शपथ दिलवाई जहां बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है उन्होंने कहा कि ऐसा मामला संज्ञान में आने पर उसकी शिकायत श्रम रोज़गार मंत्रालय या प्लिस थाने में की जाये महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन बनाने का आहवान किया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोलते हये ईरानी कहा कि बाल श्रम से लड़ने के लिये बाल कल्याण कमेटियों को मजबूत किये जाने और जिला अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये जाने की जरूरत है उन्होंने सुझाव दिया कि छ्ड़ाये गये बाल मजद्र को एक सेहतमंद वातावरण उपलब्ध करवाने और वह बाल मजदरी मे वापस न जाये यह सुनिश्चित किये जाने की जरूरत है मंत्री ने आवासीय कल्याण संघों और व्यापार संगठनों को अपील की कि वो संयुक्त अभियान चलाकर अपने आस पास बाल श्रम की घटनाओं को रोकें केन्द्र सरकार बाल श्रम को खत्म करेने के लिये बनाये गये विभिन्न कानूनों और नियमों के क्रियान्वयन के महत्व पर जोर देने तथा बाल मजदूरी की समस्या से निपटने के लिये बहउद्देशीय नीति अपना रही है श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के सचिव हीरा लाल समारिया ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हये ये जानकारी दी और कहा कि बच्चों के लिये उचित जगह स्कूल है

यह सेवा इरजाइ़ल की सहायात से श्रू की जायेगी और सबसे पहले दो शहरों गुरूग्राम तथा फरीदाबाद में शुरू की जायेगी यह निर्णय म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत में इजराइल के राजद्रत डा रॉन मल्का के नेतृत्व मे आये तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंउल की मुलाकात के दौरान लिया मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष मई में अपने इरजाइल दौरे के दौरान उन्होंने उन अधिकारियों से भी म्लाकात की थी जिन्होंने यह एम्बूसाइकल सेवा शुरू की थी उन्होंने कहा कि ग्रूग्राम और फरीदाबाद शहरों में जनसंख्या के उच्च घनत्व के दृष्टिगत इन शहरों में इस सेवा की बड़े पैमाने पर आवश्यकता है ये एमब्रसाईकिल ऐसी मोटरसाइकिल है जो यह स्निश्चित करती है लोगों को आपातकालीन सेवायें पहले क्छ मिनटों के अंदर उपलब्ध हो सीएम विंडो पर प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायत का संज्ञान लेते हये महेन्द्रगढ़ में नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के परियोजना अधिकारी संदीप यावव को निंलवित करने के निर्देश दिये गये है इसके अलावा एक अन्य शिकायत में पश् पालन विभाग के संयुक्त निदेशक एस के बागोरिया को नियम सात के तहत चार्जशीट किये जाने का निर्देश दिया गया है